और पछुआ हवा चलने के कारण ठंड में बढ़ोतरी

देश में आज से मोबाइल कॉल और इंटरनेट शुल्क में पचास प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी गई है दूरसंचार क्षेत्र की निजी कम्पनियों ने शुल्क योजनाओं की घोषणा करते हुए बताया कि पिछले पांच वर्ष में पहली बार बढ़ोत्तरी की गई है केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह दो हजार रूपये के नोट के चलन पर रोक लगाने पर विचार नहीं कर रही है आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दो हजार तेरह के तहत लाभार्थियों को देशभर में कहीं से भी राशन खरीदने की सुविधा उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है उपभोक्ता मामलों के केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि सरकार दिव्यांगों की बेहतरी के लिए समाज को समावेशी बनाने के वास्ते प्रतिबद्ध है उन्होंने सभी सम्बद्ध पक्षों से समाज के इस संवेदनशील वर्ग को सशक्त बनाने में योगदान करने को कहा श्री नायडू आज नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर उनके सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाले संगठनों और उल्लेखनीय योगदान करने वाले दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर रहे थे

मैं आग्रह करूंगा की हर स्कूल इस प्रकार की पहल करे इससे जीवन में शुरूआत से ही बच्चों में दिव्यांगता के प्रति संवेदनशीलता का भाव पैदा होगा यदि समुचित परिवेश और अवसर उपलब्ध कराये जायें तो ये प्रतिभाशील नागरिक राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान कर सकते हैं सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि सरकार ने पिछले साढे पांच वर्षों में दिव्यांगों के जीवनस्तर की बेहतरी के लिए कई उपाय किये हैं

उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए महाविद्यालयों में पांच प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है इनकी ठीक से पहचान हो सके इसलिए हमने यूनीवर्सल आईडी कार्ड बनाकर देने का निर्णय लिया है ये कार्ड सारे देश में चलेगा जहां जाओगे राज्य सरकार की या भारत सरकार की जो योजनाए हैं उन सबका लाभ इनको मिलेगा इधर प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर दिव्यांगों के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रभात झा ने आज राज्यसभा में दिल्ली विश्विद्यालय में मैथिली की पढ़ाई शुरू करने की मांग उठायी श्री झा ने शून्यकाल में यह मांग उठाते हुए कहा कि मैथिली एक समृद्ध भाषा है और दिल्ली में चालीस लाख से अधिक लोग मैथिली बोलते हैं उन्होंने राज्य सभा के सभापति से जल्द से जल्द दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में मैथिली भाषा की पढ़ाई शुरू करवाने का आग्रह किया

श्री कुमार जल जीवन हरियाली यात्रा के अंतर्गत पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस अभियान को तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है मुख्यमंत्री ने लोगों से उन्नीस जनवरी को अभियान की सफलता के लिए बनने वाले राज्यव्यापी मानव श्रृंखला में भाग लेने की अपील की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आठ सौ इकतालीस योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया राष्ट्रीय जनता दल के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का एक बार फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है उनकी ओर से आज पार्टी के वरिष्ठ नेता भोल प्रसाद यादव ने पटना के प्रदेश कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया

दस दिसम्बर को पटना में होने वाली पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक में लालू प्रसाद के नाम पर अंतिम रूप से मुहर लगेगी गौरतलब है कि लालू प्रसाद अभी चारा घोटाले के मामले में रांची स्थित बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं मुजफ्फरपुर की बेटी सब लेफ्टिनेंट शिवांगी ने भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट बनकर इतिहास रचा है कोच्चि में आयोजित विंग सेरेमनी के बाद शिवांगी ने इस उपलब्धि पर आकाशवाणी से इस अपने अनुभव साझा किये

झंझारपुर में आयोजित समारोह में स्थानीय सांसद रामप्रीत मंडल विधायक गुलाब यादव रामप्रीत पासवान और समस्तीपुर मंडल के रेल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी ने संयुक्त रूप से सवारी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया अभी इस रेलखंड पर एक जोड़ी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है मंडल रेल प्रबंधक ने कहा कि इस रेलखंड पर शीघ्र ही ट्रेनों की संख्या बढ़ायी जायेगी और यात्री सुविधाओं का विकास किया जायेगा पछुआ हवा चलने के कारण प्रदेश भर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आयी है मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों तक तापमान में प्रतिदिन एक से दो डिग्री सेल्सियस की और कमी दर्ज की जायेगी वहीं सुबह के समय हल्का कोहरा भी छाया रहेगा आज बारह दशमलव दो डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ पूर्णिया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा पटना और गया का न्यूनतम तापमान चौदह दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया भागलुपर का न्यूनतम तापमान चौदह दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया कृतज्ञ राष्ट्र ने आज प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी एक सौ पैंतीसवीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया पटना में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभवन के राजेन्द्र चौक स्थित उनकी प्रतिमा और बांस घाट स्थित उनके समाधि स्थल पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद के जन्म स्थान सिवान जिले के जीरादेई में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया देशरत्न राजेन्द्र प्रसाद की जयंती राज्य में मेधा दिवस के रूप में मनायी गयी इस अवसर पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्वावधान में पटना में आयोजित समारोह में इंटर और मैट्रिक के परीक्षा परिणाम की मेधा सूची में शीर्ष स्थान बनाने वाले चौवालीस छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया साथ ही सफल परीक्षा संचालन के लिए दस जिलों के जिलाधिकारियों और शिक्षा पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया पटना के कदम कूंआ स्थित राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय के प्राचार्य को अनियमितता बरतने के आरोप में पद से हटा दिया गया है विद्यालय के छात्र पिछले कुछ दिनों से प्राचार्य को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे

समस्तीपुर जिले के पूसा थाना क्षेत्र के कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित एक पेट्रोल पंप पर हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोलकर लाखों रूपये लूट लिए और विरोध करने पर मैनेजर और एक कर्मी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया कटिहार जिले के कदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत अशियानी गांव में अपराधियों ने एक किराना दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ीएघु में पिछले दिनों दो लोगों की हुई हत्या के मामले में प्रलिस ने मुख्य आरोपी अमन कुमार को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है मुजफ्फरपुर जिले के देवरिया और कांटी थाना क्षेत्रों से पुलिस ने सात अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है खगड़िया के जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत दिघौन पंचायत के एक ही वार्ड में लगभग सत्तर लाख रुपये की योजना की स्वीकृति दिये जाने के मामले में मुखिया और तत्कालीन पंचायत सचिव पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है शेखप्ररा जिले में सात निश्चय योजना में गड़बड़ी करने के मामले में जिला प्रशासन ने तीन पंचायत सेवकों की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है वहीं आठ पंचायत सचिवों के वेतन निकासी पर रोक लगा दी गयी है रोहतास जिले के सासाराम स्थित न्यू स्टेडियम फजलगंज में आज राज्यस्तरीय विद्यालय हॉकी प्रतियोगिता के ट्रायल का आयोजन किया गया इसमें विभिन्न जिलों के लगभग दो सौ खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया

और पछुआ हवा चलने के कारण ठंड में बढ़ोतरी